गोवा में जीएसटी परिषद की सैंतिसवीं वैठक से पहले मीडिया से बातचीत में वित्तमंत्री ने स्वदेशी कम्पनियों और नई विनिर्माण कम्पनियों के लिए निगमित कर घटाने की घोषणा की है हम घरेलू कंपनियों और नई घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों के कॉरपोरेट टैक्स दरों को घटाने का प्रस्ताव करते हैं टैक्सेशन में और वित्तीय राहत के उपाय भी किये जायेंगे अब स्वदेशी कम्पनियों के लिए निगमित कर की दर पच्चीस दशमलव एक सात प्रतिशत होगी जिसमें सरचार्ज और श्ल्क शामिल रहेगा जबकि पहले यह दर पैंतीस प्रतिशत थी साथ ही ऐसी कम्पनियों को न्यनतम वैकल्पिक कर भी नहीं देना होगा वित्तमंत्री ने कहा कि अधिनियम में यह प्रावधान भी किया गया है कि इस वर्ष पहली अक्तूबर या उसके बाद बनने वाली उन नई स्वदेशी कम्पनियों को केवल पन्द्रह प्रतिशत की दर से आयकर देना होगा जो विनिर्माण में नया निवेश करेंगी

वित्तमंत्री ने निगमित सामाजिक दायित्व पर दो प्रतिशत व्यय को बढ़ाने की भी घोषणा की अन्मान है कि निगमित कर की दर में कटौती और अन्य राहत उपायों पर एक लाख पैंतालिस हजार करोड़ रूपये का राजस्व कम होगा इस बीच जीएसटी परिषद की सैंतिसवीं बैठक निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में गोवा के पणजी में चल रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने निगमित करों में कटौती के फैंसले का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया है एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि इस फैसले से मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वित्तमंत्री के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इन घोषणओं से अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अमरीका की सात दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे इस दौरान वे ह्यूस्टन और न्यूयॉर्क जाएंगे इस महीने की सत्ताईस तारीख को वे संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे विदेश सचिव विजय गोखले ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बाईस सितंबर को ह्यस्टन में भारतीय समृदाय के हाउड़ी मोदी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप भी इस आयोजन में उपस्थित रहेंगे भारत महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के उपलब्ध में चौबीस सितंबर को संयुक्त राष्ट्र में विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगा इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के अलावा दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति सिंगापुर बंगलादेश और जमैका के प्रधानमंत्री सहित कई देशों के प्रमुख प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ होंगे यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को स्वच्छ भारत अभियान के जरिए स्वच्छता क्षेत्र में उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को दष्कर्म के एक मामले में आज सुबह विशेष जांच दल और स्थानीय पुलिस ने शाहंजहापुर जिले में गिरफ्तार कर लिया बाद में उन्हें स्थानीय अदालत में पेश किया गया जहां से चिन्मयानद को चौदह दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया न्यायालय में पेश करने से पहले चिन्मयानंद का मेडिकल चेक अप भी कराया गया विधि पाठ्यक्रम की एक छात्रा ने चिन्मयानंद पर दृष्कर्म और उत्पीडन का आरोप लगाया है न्यायालय द्वारा गठित विशेष जांच दल मामले की जांच कर रहा है उच्चतम न्यायालय ने आज फैसला किया कि राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद विवादित भूमि के मामले की सुनवाई अगले सोमवार से एक घंटा प्रतिदिन बढ़ाई जाएगी इस मामले की सुनवाई अट्ठारह अक्टूबर से पहले पूरी करने की समय सीमा तय की है प्रदेश के संसदीय कार्य ग्रामीण विकास राज्य मंत्री आनन्द स्वरूप शक्ल ने राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत समृह की महिलाओं को तीन करोड़ चौवालिस लाख पैसठ हजार रूपये का रिवालविंग फण्ड का चेक सौंपा और कहा कि समूह की महिलाओं को दया की नही सेवा की जरूरत है आज बस्ती में मंडलीय आजीविका मिशन सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए प्रदेश के संसदीय कार्य ग्राम्य विकास समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री श्री शुक्ला ने कहा कि महिलाओं की सहायता हो जाये तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से इनकी गरीबी स्वयं दूर हो जायेंगी